स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोविड का टीकासभी को मुफ्त में लगाया जाएगा उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि टीकाकरण के पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर देशभर में निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी पहले चरण में एक करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और दो करोड़ अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को टीका लगेगा

उन्होंने कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास का जायजा लेने के लिए दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों का दौरा किया उन्होंने लोगों से अपील की कि वे टीके की सुरक्षा और उसके प्रभाव को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से गुमराह ना हों स्वास्थ मंत्री ने कहा कि सरकार टीकाकरण के लिए तय दिशानिर्देशों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी उन्होंने कहा कि टीके को लेकर आम लोगों में हिचक पोलियो टीकाकरण के दौरान भी देखी गई थी लेकिन बाद में यह अभियान बहुत सफल रहा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कल राष्ट्रव्यापी टीकाकरण पूर्वाभ्यास चार राज्यों में पहले किए गए पूर्वाभ्यासों से मिले फीडबैक के आधार पर चलाया जा रहा है

अभी तक किसी भी देशने स्ट्रेन को सफलतापूर्वक पृथक करने और इसे विकसित करने की रिपोर्ट नहीं दी है

संस्थान में ब्रिटेन से वापिस आए लोगों के नमूने परीक्षण के लिए लिये गए थे

सिफारिश में कहा गया है किपुणे की भारतीय सीरम संस्थान की वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति दी जानी चाहिए विशेषज्ञ समिति ने हैदराबाद की भारत बायोटैक इंटरनेशनल लिमिटेड को भी क्लिनिकल ट्रायल के रूप में आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति देने की सिफारिश की है समिति ने अहमदाबाद की कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड को भी तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को अनुमति देने को कहा है राज्य में कल रांची पलामू चतरा सिमडेगा और पाकुड में कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास सफलतापूर्वक संचालित किया गया अब केन्द्र सरकार के निर्दे ा और वैक्सीन की आपूर्ति के बाद राज्य में टीकाकरण की प्रक्रिया भारू कर दी जायेगी रांची के बुंडू को ड्राई रन के लिए चुना गया है

अनुमंडल अस्पताल में ट्रेनिंग के दौरान वैक्सीनेशन के लिए आने वाले लाभुकों की एंट्री से लेकर एग्जिट तक की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई टीकाकरण की मॉनिटरिंग बुंडू एसडीएम कर रहे थे स्वास्थ विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने टीकाकरण का ड्राईरन पूरे होने के बाद कहा कि झारखंड वैक्सीने ान के लिए अब पूरी तरह तैयार है हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और वैक्सीन की आपूर्ति होते ही टीकाकरण भारू कर दिया जायेगा उन्होंने बताया कि पहले चरण में एक लाख इकावन हजार लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है इसमें कोरोना वॉरियर्स और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जायेगी बोकारो जिले में कोरोना वैक्सीने ान की तैयारियां युद्वस्तर पर चल रही हैं

वे नेशनल एटॉमिक टाइम स्केसल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे तथा राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखेंगे इस अवसर पर कोन्द्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उपस्थित रहेंगे

भारतीय निर्देशक द्रव्यी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशालाओं में जांच और मापांकन में सहयोग कर रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला परिवेशी वायु और औद्योगिक उत्सर्जन निगरानी उपकरणों के प्रमाणीकरण में आत्मनिर्भरता में सहायता करेगी

सम्मेलन का विषय है राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए माप पद्वति

परीक्षार्थी बाइस जनवरी तक जैक की वेबसाइट के माध्यम से बिना विलंब भाुल्क ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते है विलंब से भाुल्क के साथ तेइस से तीस जनवरी तक ऑनलाइन फॉर्म जमा किये जाएंगे रांची जिले के सभी अंचलों में कल भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किया गया

इनमें ज्यादातर मामले जबरन दखल प्रयास जमीन मापी संबधी विवाद आपसी बंटवारा और दोहरी जमाबंदी से जुड़े मामले भााभिल थे

राज्य में स्वस्थ होने की दर संतानवें द ामलव छह नौ प्रति ात पहुंच गई है वहीं राज्य में सक्रिय कोरोना संकमितों की संख्या घटकर सोलह सौ चौबीस हो गयी है

विभाग की ओर से कहा गया है कि कॉल सेंटर में जो कायतें आती हैं उसे प्राथमिक स्तर पर निपटाय जाये समीक्षा में रांची गढ़वा और द्मका जिले के लंबित मामलों की समीक्षा की गई कोरोना काल के नौ महीने बाद कल रांची लोहरदगा ट्रेन पटरी पर चलायी गयी इस दौरान ट्रेन चलाने से लेकर टिकट चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई थी पहले दिन रांची से लगभग सौ यात्रियों ने सफर किया सांसद संजय सेठ ने महिला कर्मचारियों का स्वागत फूलों के गुलदस्ते से किया रांची रेल मंडल से कल रांची लोहरदगा ट्रेन परिचालन के साथ हटिया टाटा पैसेंजर और हटिया राउरकेला पैसेंजर का परिचालन भी भा़रू हुआ रांची रेलमंडल के डीआरएम नीरज अंबश्ट ने कहा है कि आने वाले दिनों में पांच अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन भाुरू किया जायेगा लातेहार पुलिस ने जिला मुख्यालय के चटनाही चौक से उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी की तरफ से लेवी वसूलने पहुंची एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया है

पुलिस की गिरफ्त में आई महिला उग्रवादी की पहचान उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के कमांडर राकेश गंझू उर्फ विराज की पत्नी प्रियंका देवी उर्फ सुषमा देवी और कमलेश यादव के रूप में की गई है बताया जाता है कि टीएसपीसी के कमांडर राकेश गंझू उर्फ विराज के द्वारा लातेहार जिले के कई व्यापारियों और ठेकेदारों से लेवी का पैसा लेने के लिए अपनी पत्नी और एक दस्ता सदस्य को लातेहार चटनाही चौक भेजा गया था

घटना में बीडीओ को चोटें भी आई है जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया गया है एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गए हैं

अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाईम्स ने पूर्व केन्द्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह के निघन की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है